केन्द्र सरकार ने कल से शुरू होने वाले संसद सत्र से पहले आज बुलाई सर्वदलीय बैठक

देश में कृषि क्षेत्र में ढांचा गत सुधार के लिए उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में इसकी घोषणा की बैठक के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि दल का गठन जल्द ही कर लिया जाएगा और यह दल दो तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा श्री कुमार ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री ने निर्यात को बढावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य को अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए

उन्होंने राज्यों को अपनी प्रमुख क्षमता को पहचानने की सलाह देते हुए कहा कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बढाने की पहल जिला स्तर से शुरू की जानी चाहिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना के लिए सहयोग मांगा है

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत केन्द्र के हिस्से को तत्काल जारी करने की भी मांग की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर प्रदेश के वित्तीय मामलों पर चर्चा भी की श्री गहलोत ने विभिन्न पेयजल परियोजनाओं के वित्तीय प्रस्तावों को अनुमति देने तथा राज्यहित में केन्द्रीय योजनाओं की राशि समय पर जारी करने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से इस कार्यक्रम के लिये अपने विचार भेजने को कहा है श्रोता अपने विचार सरकार के पोर्टल माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते है

बैठक में संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों की सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा

पुलिस ने कुख्यात डकैत जगन गुर्जर को पकड़ने के लिये राज्य के धौलपुर जिले के डांग इलाके में तलाशी अभियान को और तेज कर दिया है

इससे पहले पुलिस की जगन गुर्जर और साथियों से मुठभेड हुई पुलिस का बढता दबाव देखकर एक दूसरे के विरोधी डकैंत साथ आ गये है इलाके में पुलिस ने कई गांवों और चम्बल नदी के आस पास जवानों को तैनात किया गया है ताकि बीहडों में छिप कर बैठे हुए डकैतों को भागने का मौका नहीं मिल सके शिक्षा और पर्यटन मंत्री गोविन्दसिंह डोटासरा ने कहा है कि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सहित पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में नहरों के जरिये पंजाब से आ रहे प्रदूषित और जहरीले पानी के मसले पर पंजाब सरकार से जल्द ही बात की जायेगी श्री डोटासरा कल नवगठित संस्था दूषित जल असुरक्षित कल जनजागरण समिति के शिष्टमण्डल से बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि यह मामला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूरी तरह से ध्यान में है और सरकार इसका जल्द से जल्द समाधान करेगी गौरतलब है कि हाल के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रचार रैलियों में स्वयं इस मसले का जिक्र करते हुए वायदा किया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह से वह इस मसले को सुलझाने के लिए वार्ता करेंगे

भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर में पानी की किल्लत को लेकर राज्य सरकार को लगातार घेर रही है इसी कडी में कल जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि शहर में पेयजल आपूर्ति नियमित समय पर और निर्धारित दबाव से हो ताकि आम लोगों को पूरा पानी मिल सके

पेयजल को लेकर जयपुर में प्रदर्शन के मौके पर श्री बोहरा ने जिला प्रशासन से इस बारे में तत्काल कदम उठाने की मांग की उन्होंने इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया प्रतापगढ के जिला अस्पताल में अब से सौर ऊर्जा के जरिये बिजली की आपूर्ति की जाएगी यहां सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन की ओर से सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का काम अंतिम चरण में चल रहा है जो शीघ्र चालू कर दिया जाएगा

यह सभी चूरू जिले के निवासी थे मृतकों का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा

देश के किकेट प्रेमियों की नजर आई सी सी क्रिकेट विश्वकप में आज होने वाले भारत पाक मुकाबले पर टिकी हुई है मैनचेस्टर में खेले जाने वाले इस रोमांचक मैच को देखने के लिये बडी संख्या में भारतीय और पाकिस्तानी खेल प्रेमी पहुंच चुके है

टीम की ओर से वरूण क्मार और हरमन प्रीत ने दो दो जबकि विवेक ने एक गोल किया मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात वायु अपना मार्ग बदलकर कल और परसो गुजरात के कच्छ तट पर टकरा सकता है यह भी कहा गया है कि चक्रवात का घनत्व कम होने की संभावना है और यह चक्रवात तूफान या हवा के कम दबाव के रूप में तट से टकरा सकता है इधर प्रदेश में कल कई स्थानों पर हल्की बूंदाबंदी से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली